छात्रवृति में बदलाव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के छात्रो के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार ने इस सम्दाय के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की छात्रवृति में ऐतिहासिक बदलाव किया है

उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति की यह राशि डीबीटी के जरिए छात्रों के बैंक खातों में जमा करा दी जाएगी श्री गहलोत ने यह भी बताया कि इन छात्रों के बैंक खाता संख्या सहित सूची राज्य सरकारों से हासिल की जाएगी

कल जल जीवन की समीक्षा के मिशन दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत निर्धारित मानकों का पालन करते हुए पेयजल उपलब्ध कराया जाय इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जाए उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी भी कार्यों की प्रगति बैठक समय समय पर लेते रहें उन्होंने स्स्ती दिखा रहे डिवीजन पर कार्रवाई करते हए मुख्य सचिव कार्यालय को रिपोर्ट भैजने के भी निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि योजना को प्राथमिकता पर लेते हए जिला मुख्यालयों में रिक्त जेई और एई की व्यवस्था स्निश्चित की जाए उन्होंने मुख्य अभियंताओं को फील्ड में जाकर समस्याओं के निराकरण करने के भी निर्देश दिए पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के प्लिस महानिदेशक अशोक क्मार ने पौड़ी टिहरी उत्तरकाशी चमोली रूद्रप्रयाग अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर और चम्पावत जिलों में नियुक्त पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक विश्राम प्रदान करने के निर्देश जारी किये हैं

साप्ताहिक विश्राम के दौरान पुलिसकर्मी नियुक्ति मुख्यालय नहीं छोड़ेगा और वह रिजर्व ड्यूटी पर समझा जाएगा

कृषि मंत्री केन्द्र सरकार ने तीन कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध समाप्त करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कल बातचीत के लिए थे मंत्रित किया है सरकार और किसानों के बीच यह छठें दौर की बातचीत होगी

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां और तेज कर दी हैं

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने म्ख्य सचिव से कंभ की तैयारियों की भी जानकारी ली

सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता को लेकर भी जागरूक किया जाएगा

ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क है

इनमें से पांच लोगों में कोरोना वायरस की पृष्टि ह्ई है

प्रशासन लगातार ऐसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है

उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के समारोह जश्न या धार्मिक गतिविधियों पर यह प्रतिबंध जारी रहेगा इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी राजाजी टाइगर रिजर्व में भी नए साल के जश्न मनाने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं यहां पर वन विभाग के सभी विश्राम सैलानियों से गुलजार हैं

किसी भी प्रकार के शिकार या वन्य जीव जंतुओं से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए विशेष दस्ते बनाए गए हैं पार्क के निदेशक डीके सिंह का कहना है कि सैलानियों से अपील की गई है कि वह कोरोना महामारी से संबंधित जारी गाइडलाइन के अनुसार ही पार्क में घूमने थे ए बैठक राजाजी नेशनल पार्क से सटे ब्लावाला गांव में पार्क अधिकारी और ग्रामीणों के बीच बैठक हई जिसमें वन्यजीवों से किसानों और ग्रामीणों को हो रहे न्कसान को लेकर चर्चा की गयी बैठक में ग्रामीणों ने जंगल किनारे इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग लगाए जाने और सड़कों को द्रुस्त करने की मांग की पार्क अधिकारियों ने ग्रामीणों को उनकी समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिलाया